मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा बजट सत्र के बीच या सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार

बजट सत्र का आगाज़ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ होगा

इस बीच विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र के बीच या सत्र के बाद होगा शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो चुकी है मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा होनी चाहिए और सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से प्रदेश हित में आबकारी नीति बनाई है मुख्यमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को भी ऐतिहासिक करार दिया मुख्यमंत्री इस बीच आशा वर्कर यूनियन सिलाई कटाई और पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की सभी जायज़ मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और भविष्य में भी उनकी मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा वीरेंद्र कंवर प्रदेश की पहाड़ी नस्ल की गाय को नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सिस ने देश की मान्यता प्राप्त नस्लों में शामिल कर लिया है ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पहाड़ी गाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से प्रदेश सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस नस्ल के पंजीकरण होने से अब पहाड़ी गाय के संरक्षण व संवर्द्वन के लिए केंद्र सरकार से धनराशि भी मिल सकेगी गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं को स्वरोज़गार के बेहतर अवसर मिल सके एक बयान में उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अधिक विकास हुआ है गोविंद ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर मनाली फोरलेन के तहत कुल्लू मनाली न्यू खंड बनकर तैयार हो गया है जिससे कुल्लू से मनाली के लिए यात्रा में लगने वाला समय लगभग आधा हो गया है और इससे लोगों के पैसों की भी बचत हो रही है

उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में व्यापक विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे वे आज धर्मशाला में विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे किशन कपूर ने अधिकारियों को धर्मशाला शहीद स्मारक और युद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और पठानकोट मंडी फोरलेन के निर्माण के संबंध में अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए किसान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है

योजना के अन्तर्गत दो हजार रूपये की तीन किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जाते हैं अब तक आठ करोड छियालीस लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है यह योजना केन्द्र सरकार के शत प्रतिशत सहयोग से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू की जा रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मीडिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में अहम भूमिका हैं वे आज शिमला में प्रदेश सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि संचार को विकास का आधार माना जाता है और सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए तथा आम लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य के हर क्षेत्र का विकास और समाज के सभी वर्गो का कल्याण सुनिश्चित किया है उन्होंने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन हिमाचल गृहिणी सुविधा हिमकेयर और सहारा योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके मौजूद रहे

पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का यह पहला हिमाचल दौरा है इस मौके पर प्रदेश भाजपा द्वारा सोलन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सोलन के ठोडो मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्त्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए

सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य समयबद्ध गुणवत्तायुक्त और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं नाहन में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने को कहा सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिले की जिन पंचायतों में सांसद निधि योजना के तहत कार्यो को पूरा नहीं किया जा सका है उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों को लेकर शिमला में आज प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई इस कार्यकम के तहत हिमाचल प्रदेश को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए केरल के साथ जोड़ा गया है प्रधान सचिव ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का उचित अवसर प्रदान कर रहा है जिससे राष्ट्र निर्माण और आपसी संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है उन्होंने संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए

यह उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी